दूकानों को खोलने की समय सीमा की बाध्यता भी समाप्त

अब तक एक लाख बत्तीस हजार से अधिक लोग स्वस्थ हए माध्यमिक शिक्षक पात्रता के लिए एसटीईटी की परीक्षा कल से

कोरोना से बचाव के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक चार के दिशा निर्देश बिहार में भी लागू हो गये हैं इसके साथ ही आज से धार्मिक स्थल मॉल और पार्क खुल जायेंगे लोग रेस्टोरेंट में भी खाना खा सकेंगे इसके अलावा नाईट कर्फ्यू का प्रावधान भी समाप्त हो गया है वहीं फल सब्जी और मांस मछली विक्रेताओं के लिए निर्धारित समय सीमा की बाध्यता भी समाप्त हो गयी है अब इनकी बिक्री पहले की तरह सामान्य रूप से हो सकेगी दिशा निर्देशों के अनुसार इक्कीस सितम्बर से धार्मिक राजनीतिक सांस्कृतिक और वैवाहिक कार्यक्रमों के आयोजन की अन्मति होगी इन कार्यक्रमों में अधिकतम सौ लोग भाग ले सकेंगे इस दौरान कोविड उन्नीस से बचाव के लिए मास्क पहनने के अलावा अन्य निर्धारित मानदंडों का पालन करना अनिवार्य होगा स्कूल कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान तीस सितम्बर तक बंद रहेंगे सिनेमा घर स्वीमिंग पुल थियेटर और मनोरंजन पार्क को भी इस महीने के अंत तक खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है हालांकि कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं होगी प्रदेश में कोविड उन्नीस की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है सूचना और जन सम्पर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण से पिछले चौबीस घंटे में एक हजार आठ सौ पैंतालीस लोग स्वस्थ हुए हैं जिससे अब तक एक लाख बत्तीस हजार से अधिक लोग संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में रिकवरी रेट अट्ठासी दशमलव छह सात प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय औसत सतहत्तर दशमलव तीन एक प्रतिशत है बिहार का रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से लगभग ग्यारह प्रतिशत अधिक है वहीं पिछले चौबीस घंटे में कोविड उन्नीस के एक हजार तीन सौ उनहत्तर नये मामले सामने आये हैं प्रदेश में कोविड उन्नीस के सोलह हजार एक सौ बीस एक्टिव मरीज हैं संक्रमितों की संख्या एक लाख उनचास हजार से अधिक पहुंच गयी है राज्य में पिछले कई दिनों से लगातार प्रतिदिन डेढ़ लाख से ऊपर सैंपल्स की जांच की जा रही है राज्य में कोविड उन्नीस के संक्रमण को रोकने के लिए जारी की गयी गाइडलाइन्स का अनुपालन कराने के लिए पिछले चौबीस घंटे में पूलिस ने चार सौ दस वाहन जब्त किये हैं और बारह लाख पांच हजार पांच सौ रूपये की राशि जुर्माने के रुप में वसूल की है अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने बताया कि एक अगस्त से अब तक इक्यानवे मामले दर्ज किये गए हैं और एक सौ उनहत्तर व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है बाईस हजार छह सौ उनहत्तर वाहन जब्त किए गए हैं और करीब छह करोड़ अड़सठ लाख उन्नीस हजार रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गयी है उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले छह हजार एक सौ बहत्तर व्यक्तियों से तीन लाख आठ हजार छह सौ रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गयी है अपर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि एक अगस्त से अब तक मास्क नहीं पहनने वाले एक लाख अस्सी हजार नौ सौ पैंतीस व्यक्तियों से नब्बे लाख छियालीस हजार सात सौ पचास रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गयी है नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लोगों को साफ सफाई रखने की सलाह दी है वाईट बजाज जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसन के रूप में ना निकले तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मैजर्स हैं यो फॉलो करने हैं जहां जरूरत न हो उसमें घर से बिल्कूल बाहर न निकलें कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है और जबकि निकलना भी पढ़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप दो लोग खड़े हैं करीब दो मीटर दूर खड़े रहें नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खड़े रहें दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के डॉ नरेश गुप्ता ने कहा कि ज्यादातर मामलों में एहतियात करके ही कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है और बहुत कम संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड सकती है

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित यह परीक्षा इक्कीस सितम्बर तक चलेगी राज्य के बारह जिलों के साठ केन्द्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है नौ दिनों तक चलने वाली यह परीक्षा तीन पालियों में ऑनलाईन होगी परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी चप्पल पहनकर ही सेंटर पर जा सकेंगे मोबाईल ब्लू टूथ व्हाइटनर और इरेजर रखने पर रोक रहेगी परीक्षार्थियों को निर्धारित समय से डेढ़ से दो घंटा पहले परीक्षा केन्द्र पहुंचना होगा और मास्क पहनना अनिवार्य होगा केन्द्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जायेगी कोविड उन्नीस से बचाव को लेकर बोर्ड की ओर से कई प्रबंध किये गये हैं परीक्षा केन्द्रों पर भी सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी इधर पटना उच्च न्यायालय ने राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है पटना उच्च न्यायालय ने भी बिहार विधानसभा चुनाव को स्थगित करने की जनहित याचिका को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर हाईकोर्ट ने यह निर्णय किया है गौरतलब है कि कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव स्थगित करने की मांग की गयी थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्य में दस से तेईस सितम्बर के बीच छह वर्चुअल रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की रूप रेखा तय की जा रही है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ग्यारह सितम्बर को पटना आयेंगे श्री नड्डा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों और कोर कमिटी की बैठक में भाग लेंगे इधर राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गयी हैं जदयू और कांग्रेस ने वर्चुअल रैली के माध्यम से चुनाव अभियान शुरू कर दिया है जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निश्चय संवाद के अंतर्गत वर्च्रअल रैली के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया श्री कुमार ने कहा कि उन्होंने हमेशा न्याय के साथ विकास और सामजिक सुधार का कार्य किया है उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती राजद सरकार के कार्यकाल में बिहार विकास के मामले में पीछे चला गया था इधर कांग्रेस के पार्टी नेताओं ने बिहार क्रांति वर्चुअल रैली की शुरूआत करते हुए आरोप लगाया कि बाढ़ और कोरोना संकट में प्रवासियों की समस्याओं का समाधान करने में राज्य सरकार विफल रही है रैली को कांग्रेस नेता राज बब्बर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी संबोधित किया वहीं प्रत्याशियों के चयन को लेकर लोजपा की गतिविधियां तेज हो गयी है पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में एक सौ तैंतालीस सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दावा किया गया बोर्ड ने सीटों और प्रत्याशियों को लेकर अंतिम फैसला करने के संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अधिकृत किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दस सितम्बर को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राज्य में मत्स्य पशुपालन और कृषि विभाग से जुड़ी लगभग दो सौ चौरानवे करोड़ की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री सीतामढ़ी के डुमरा में बखरी मछली बीज फार्म किशनगंज में मत्स्यपालन कॉलेज पटना में जलीय रेफरल प्रयोगशालाएं और फिश ऑन व्हील्स तथा मधेप्रा में मत्स्य चारा मिल समेत कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे इसके साथ ही वे बेगूसराय खगड़िया समस्तीपुर नालंदा और गया में सीमेंट परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे

नगर विकास और आवास सचिव आनंद किशोर ने बताया कि इस कार्ड पर एक नम्बर होगा और क्यूआर कोड अंकित होगा सचिव ने कहा कि पटना भागलपुर बिहारशरीफ दरभंगा गया और मुजफ्फरपुर में वेंडरों की पहचान की जा रही है

वर्ष दो हजार अठारह में शुरू किए गए प्रधानमंत्री के सर्वांगीण पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत सितम्बर में प्रतिवर्ष पोषण माह मनाया जाता है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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश से कुपोषण समाप्त करने के लिए जागरूकता पैदा करने में सभी की भागीदारी और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता बताई है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार बहुत अधिक कुपोषित बच्चों के समग्र पोषण के लिए देश भर में सघन अभियान चलाएगी राज्यपाल फागू चौहान ने बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता और शैक्षणिक आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए केंद्र से विशेष आर्थिक सहायता का अनुरोध किया है श्री चौहान ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन में यह बात रखी आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है इस अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई देते हुए कहा है कि शिक्षा से ही विकास संभव है श्री चौहान ने कहा कि बिहार में साक्षरों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है प्रदेश में अगले तीन दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है विभाग ने कहा है कि राज्य में मॉनसून की सक्रियता में तेजी से बदलाव हुआ है मॉनसून की अक्षीय रेखा गया के पास से गुजर रही है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज सुपौल सीतामढ़ी दरभंगा अररिया किशनगंज समस्तीपुर समेत उन्नीस जिलों में तेज बारिश की संभावना है जबकि पटना गया नालंदा समेत कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के निदेशक विवेक सिन्हा ने कहा है कि प्रदेश में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है जिससे पिछले चौबीस घंटों के दौरान पटना कटिहार समस्तीपुर किशनगंज अररिया भागलपुर मधेपुरा गोपालगंज पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में अच्छी बारिश हुई है वहीं लखीसराय जमुई और आस पास के इलाकों में भी तेज बारिश हुई है सबसे अधिक नब्बे मिलीमीटर बारिश समस्तीपुर के रोसड़ा में दर्ज की गयी रोहतास जिले में कृषि संबंधी संस्था आत्मा के सहायक तकनीकी प्रबंधक अजय कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है अजय कुमार के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद उन्हें चयन मुक्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है कोइलवर के अब्दुलबारी पुल का उत्तरी लेन पन्द्रह से तेईस सितम्बर के बीच मंगलवार और शुक्रवार को सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक बंद रहेगा बक्सर में अपराधियों ने एक किराना व्यवसायी के कर्मी को गोली मारकर घायल कर दिया और उससे लगभग नौ लाख रूपये लूट लिये दरभंगा के पूर्व महाराजा कामेश्वर सिंह की बड़ी बहू और इस राजघराने के अंतिम युवराज जीवेश्वर सिंह की पत्नी राज किशोरी का लहेरियासराय में निधन हो गया वे पचासी वर्ष की थी उनके निधन पर समाज के गणमान्य लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया है

आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने अनलॉक चार पर बड़ी खबर बनाते हुए लिखा है बिहार में इक्कीस सितम्बर से मिलेंगी कई तरह की रियायतें दैनिक जागरण ने भारत चीन सीमा पर गोलीबारी और तनाव के बाद उत्पन्न स्थिति की खबर को सुर्खी देते हुए शीर्षक दिया है एलएसी पर पैंतालीस साल बाद चली गोली तनाव दैनिक भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार विधान सभा चुनाव रोकने के लिए दायर याचिका पर लिखा है विधानसभा चुनाव को रोकने की अर्जी खारिज प्रभात खबर ने राज्य में अदालतों के न्यायाधीशों के तबादले पर लिखा है सुनील दत्ता मिश्रा बने पटना के जिला जज आज अखबार की बड़ी खबर है प्रतिमाएं नहीं बैठेंगी सिर्फ कलश स्थापित होंगे राष्ट्रीय सहारा ने पटना नगर निगम के प्लास्टिक कचरे को निपटाने की खबर पर शीर्षक दिया है निगम ने शुरू किया प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ कार्यक्रम और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में अनलॉक चार के दिशा निर्देश लागू

दुकानों को खोलने की समय सीमा की बाध्यता भी समाप्त

अब तक एक लाख बत्तीस हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुए माध्यमिक शिक्षक पात्रता के लिए एसटीईटी की परीक्षा कल से